अब समाचार विस्तार से हुनर हाट राज्यपाल लालजी टंडन और केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी आज इंदौर के विजयनगर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे

साथ ही उनके द्वारा किए गए नवाचारों को भी प्रदर्शित किया जाएगा रविदास जयंती आज संत रविदास जयंती है इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर में आयोजित रविदास जयंती समारोह में शामिल होंगे

श्री कमलनाथ सागर में नए कलेक्ट्रेट भवन और स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर के लोकार्पण के साथ ही लाखा बंजारा झील के सौंदर्यीकरण कार्य का भी श्रभारम्भ करेंगे परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कल समारोह स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया भी शामिल होंगे मौसम प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक बार फिर ठंड बढ गई है प्रदेश के बैतूल गुना शाजापुर और खजुराहो में कल कोल्ड डे रहा मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अरब सागर से आ रही नमी और ड्राय विंड के मिलन के असर से आज और कल सिवनी बालाघाट और मंडला जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है राज्य में मौसम का मिजाज फिलहाल एक से दो दिन तक ऐसा ही बना रह सकता है दो दिन बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है प्रदेश के शहडोल डिंडौरी मंडला बालाघाट छतरपुर टीकमगढ़ ग्वालियर दतिया श्योपुरकला भिंड और मुरैना जिले में हल्के से मध्यम कोहरा पड़ सकता है

न्यूनतम तापमान में सभी सम्भागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नही हुआ

कुलस्ते केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज मंडला के दौरे पर आ रहे हैं

श्री कुलस्ते देर शाम को जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे लोक अदालत प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू दयूब दिवटर और फेसबुक पर ऐआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

गत चैंपियन भारत पांचवी बार विश्वकप विजेता बनने के लिए आज ये मुकाबला खेलेगा

शिविर मे शहडोल संभागायुक्त उपस्थित रहेंगे